इस आंदोलन को लेकर प्रदेशमर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है रायसेन जिला प्रशासन ने किसान आंदोलन से निपटने के लिये अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है वहीं कोटवारों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई किसान संगठनों के आहवान पर आज रतलाम में भी आंदोलन के चलते सब्जी की आपूर्ति बाधित रही इंदौर संभाग में भी किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी फल सब्जी और दूध विक्रय केन्द्रों पर आज सामान्य दिनों की तरह ही बिक्री जारी है

उधर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने आज कहा कि किसानों की मांगें जायज है और सरकार को मांगों के संबंध में सीघे आदेश जारी करना चाहिये भोपाल में आंदोलन के संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों की मुख्य मांगों में फसल का लाभकारी मूल्य किसानों की कर्ज माफी लघु किसानों की आय सुनिश्चित करने और फल सब्जी और दूध और दूध पर लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिया जाये हीरा नीति प्रदेश में बनाई गई नई हीरा नीति के तहत अब पन्ना जिले की उथली हीरा खदानों से मिलने वाले हीरों की नीलामी अब हर माह जिला मुख्यालय पर होगी

इस फैसले से हीरे की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा मानदेय वृद्वि राज्य शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में आज से वृद्धि के आदेश जारी कर दिये हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त मानदेय राशि रूपये दो हजार प्रतिमाह में वृद्धि कर सात हजार निर्घारित की गई है केन्द्र सरकार द्वारा निर्घारित मानदेय तीन हजार रूपये को मिलाकर अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दस हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं का अतिरिक्त मानदेयएक हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर साढ़े तीन हजार रूपये निर्धारित किया गया है केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय डेढ़ हजार रूपये को मिलाकर अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पांच हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे

लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में लैपटॉप खरीदने के लिये नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है फिशरमैन योजना प्रदेश में किसानों की तरह ही मत्स्य पालकों को फिशरमैन क्रैडिट कार्ड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं

मत्स्य पालन मंत्री अंतर सिंह आर्य जानकारी देते हुये बताया कि योजना की शुरूआत में मत्स्य पालकों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर क्रैडिट कार्ड उपलब्य करवाये गये थे

इन केन्द्रों में बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण आहार और प्राथमिक शिक्षा देने के लिये आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नंदघर का निर्माण किया जायेगा आंगनवाड़ियों में सौर ऊर्जा आधारित उपकरण लगाये जायेंगे वहीं इन केन्द्रों में शुद्ध पेयजल डिजिटल मीडिया के जरिये ई शिक्षण और माताओं और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिये आवश्यक व्यवस्था की जायेगी

इसके तहत रोग से बचाव के लिये मलेरिया रथ द्वारा गांवों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया जायेगा